मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून के साथ नहीं करने दिया जायेगा खिलवाड साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से लगाया जायेगा कोविड का टीका

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कल दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है उन्होंने कहा कि देश के किसान मी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोडों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्ररेणा मिली है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौदयोगिकी ऋण की उपलब्धता बडी मंडियों तक पहुंच फसल बीमा मृदा जांच पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के अनुकूल परिणाम सामने आये हैं उन्होने कहा कि केन्द्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्वि की है श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को गोरखप्र में की थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छ हजार रुपए दिए जाते हैं यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लामार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है योजना की शुरूआत से अब तक एक लाख दस हजार करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पहुंच चुका है यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय में संबर्धन के लिए लागू की गई थी लेकिन बाद में इस योजना का विस्तार भी किया गया हालांकि संपन्न किसानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है प्रदेश को इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में इस बात की जानकारी दी महोदय आज सर्टिफिकेट आया है कि उत्तर प्रदेश को प्रषानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देश के अन्दर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज के ही दिन आदरणीय प्रषानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रषानमंत्री किसान सम्मान निवि लांच किया था और अगले दो वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अन्दर सर्वश्रेष्ठ प्रदशर्नन इसका किया है

केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए केन्द्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिये हैं देश में रेहडी पटरी वालों को बिना कृछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए यह सुझाव दिये गये हैं पत्र में कहा गया है कि रेहडी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्प्रोतों से ऋण लेने पर निर्मर रहते हैं इसलिए ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग चालीस लाख आवेदनों की समीक्षा की है इनमें से बीस लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी मुख्यमंत्री कल राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अभिमाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है

उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह की तुलना में वर्ष दो हजार उन्नीस में गेहूँ के समर्थन मूल्य में पांच सौ पच्चीस रूपये की वृद्धि हई है उन्होंने कहा कि जब लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे तब हमारे अधिकारी कर्मचारी गन्ना किसानों की मदद कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान सभी चीनी मिले चलाई जा रही थी नई सरकार एक महीने का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ

पहली अप्रैल से हम लोगों ने क्रय केन्द्र स्थापित कर दिये

उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं मंडी का कोई टेक्स किसान के उपज पर नहीं लगेगा और दूसरा पहले किसान बाद में पहले कमांड एरिया होता था हर एक जिले की मंडी का कि उस मंडी के बाहर आप कहीं भी जायेंगे वहां मंडी के लोग जाते थे और जबरदस्ती वहां पर उसकी किसी भी उपज का उसका जो है शुल्क लेते थे चालान करते थे तमाम प्रकार की कार्यवाही करते थे आज वन नेशन वन मंडी के तहत रत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अन्दर कही भी जाकर के जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां पर अपनी रपज को जाकर बेच सकता है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविड टीका लगना शुरू हो जायेगा पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी अगले महीने की पहली तारीख से टीका लगना शुरू हो जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निश्ल्क लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को स्वयं वहन करनी होगी

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक सौ इकत्तीस नये मामले आये वहीं इस दौरान दो सौ तीस लोग कोरोना से ठीक हुए अब तक राज्य में कुल पांच लाख बान्नबे हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य जारी है आज छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जायेगी